मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों को सातवां वेतनमान देने का फैसला किया है विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों को एक जनवरी दो हजार सोलह से सातवें वेतनमान का लाभ मिलेगा

मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रेटर नोएडा और बस्ती दोनों में चार सौ केवी के बिजली उपकेन्द्र स्थापित करने की भी मंजूरी मिल गई है

सरकार ने अब उन किसानों को जमीन का मुआवजा देने का फैसला लिया है जिनके खेत पर बिजली विभाग पारेषण लाइन के टॉवर लगायेगा इससे पहले किसानों को टॉवर के कारण क्षतिग्रस्त फसल का मुआवजा दिया जाता था मंत्रिमंडल की बैठक में आयूष्मान भारत योजना में ट्रायल आज से शुरू करने का भी निर्णय लिया गया है

श्री सिंह ने बताया कि लाभार्थियों की मदद के लिए अस्पतालों में आयुष्मान मित्र नियुक्त किये जायेंगे इन आयुष्मान मित्रों को पांच हजार रूपये प्रतिमाह मानदेय दिया जायेगा इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में बुलन्दशहर रायबरेली हरदोई और मेरठ स्थित चार मेगा उद्योगों के लिए एक सौ पच्चीस करोड़ रूपये के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है

इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बनने वाले रैन बसेरे में मरीजों और उनके तीमारदारों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी मुख्यमंत्रो ने दिल्ली गोरखपुर रूट पर इंडिको की नई फ्लाईट क शुभारम्भ के संबंध में कहा कि बेहतर हवाई सम्पर्क के लिए इसकी शुरूआत की गई है गोरखपुर से नई दिल्ली तक का सफर तीन हजार रूपये में तय किया जा सकता है उन्होंने कहा कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत प्रदेश के बारह हवाई अड्डों को विकसित किया जा रहा है

श्री योगी ने कहा कि शीघ्र ही गोरखपुर से कोलकाता मुंबई बंगलुरू और काठमांडू के लिए भी हवाई सेवाएं भी शुरू की जायेंगी मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर को देश के सभी महानगरों से जोड़ने की दिशा में काम किया जा रहा है केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ स्थित लोक भवन में प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की इस अवसर पर केन्द्रीय रेल मंत्री और मुख्यमंत्री ने कुंभ की वेबसाइट का शुभारम्भ भी किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी राज्यों की राजधानियों से कुंभ मेला क्षेत्र के लिए चलने वाली स्पेशल ट्रेनों की जानकारी लेते हुए कहा कि कुंभ में भाग लेने के लिए देशभर से आने वाले श्रद्वालुओं को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए उन्होंने इलाहाबाद जनपद के विभिन्न स्टेशनों पर पहुंचने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ के प्रभावी प्रबंधन करने के अधिकारियों को निर्देश दिये केन्द्रीय रेल मंत्री ने कुंभ मेले के दौरान प्रमुख स्नान दिवसों पर चलने वाली द्रेनों को यात्रियों की सुविधा के लिए विशिष्ट नाम देने के निर्देश दिये

बैठक में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने कुंभ मेला की तैयारियों से संबंधित ब्यौरा प्रस्तुत किया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

प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही तेज बारिश से कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है राज्य में गंगा यमुना रामगंगा शारदा और घाघरा सहित प्रमुख नदियां उफान पर है नदी के आसपास के इलाके बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित है पिछले अड़तालीस घंटों के दौरान तेज बारिश की वजह से राज्य में तैंतीस लोगों की मृत्यु हो गई जबकि चौबीस लोगों के घायल होने के समाचार है हमारे संवाददाता ने बताया भारी बारिश की वजह से आठ सौ से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं

बुंदेलखंड और प्रदेश के पश्चिमी भागों में बाढ़ अपना कहर बरपा रही है जालौन जिले में करही बांध के दरवाजे कल खोल दिए गए जिसके बाद आए पानी से कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं माताटीला बांध से पांच लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद से हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदियां उफान पर हैं जिससे कई गांवों में पानी भर गया है सुशीलचंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ मौसम विभाग ने आगामी छह सितम्बर तक प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश का एलर्ट जारी किया है बच्चों को उल्टी दस्त डायरिया से बचाने वाले रोटा वायरस वैक्सीन को नियमित टीकाकरण मे शामिल कर किया गया है महिला बाल एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी ने लखनऊ में आज बच्चा को डायरिया से बचाने वाले इस रोटा वायरस वैक्सीन का श्भारम्भ किया इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में श्रीमती जोशी ने बताया कि रोटा वायरस बच्चों में उल्टी और दस्त का मुख्य कारण है और यह बच्चों के लिए कभी कभी जानलेवा भी साबित होते हैं नियमित टीकाकरण में शामिल होने से रोटा वायरस वैक्सीन बच्चों को डायरिया से बचाव करेगा

प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रशांत द्विवेदी ने कहा कि इस वैक्सीन से डायरिया के कारण होने वाली मौतों में कमी आयेगी प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आज से चौदह सितम्बर तक टीबी खोज अभियान चलाया जा रहा है मऊ में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज घर घर जाकर टीबी के मरीजों की जांच की और उनके इलाज के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिये

उधर हापुड़ में टीबी खोज अभियान के अन्तर्गत एक जागरूकता रैली निकाली गई

इसके लिए केवल जागरूक होने की जरूरत है उन्होंन टीबी नियंत्रण को लेकर चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी राज्यपाल राम नाईक ने आज बरेली में एमजेपी रूहेलखंड विश्वविद्यालय में आयोजित सोलहवें दीक्षान्त समारोह में मेधावी छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल और उपाधियां प्रदान की इस अवसर पर राज्यपाल ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था में पहले से काफी सुधार आया है